पिछले चौबीस घंटों में सत्तावन हजार चार सौ उनहत्तर मरीज स्वस्थ हए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में ठीक होने वालों की संख्या तेईस लाख अड़तीस हजार से अधिक है यह मौजूदा सक्रिय मामलों से तीन ग्ना से ऊपर है मंत्रालय ने कहा कि केन्द्र सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण कोविड नाइन्टीन अस्पतालों में सभी तरह के मरीजों के लिए बेहतर इलाज उपलब्ध हुआ है स्वस्थ होने वालों की बढती दर के साथ ही देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी कम हो गया है इस समय भारत में कोविड मरीजों की मृत्यु दर एक दशमलव आठ पांच प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम में शामिल है भारतीय चिकित्सा अनुसंघान परिषद ने बताया कि पिछले चौबीस घटों में कोरोना संक्रमण के छह लाख से अधिक टेस्ट किए गए अब तक देश में तीन करोड उन्सठ लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की क्षमता भी बढाई गई है इस समय कुल एक हजार पांच सौ बीस प्रयोगशालाओं के माध्यम से कोविड नाइन्टीन नमूनों की जांच की जा रही है इनमें से नौ सौ चौरासी सरकारी तथा पांच सौ छत्तीस निजी प्रयोगशालाएं हैं सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और झूठी जानकारी की सत्यता बताने के लिए हम आपके पास सही जानकारी लाते रहते है सोशल और डिजिटल मीडिया के कुछ प्लेटफार्म पर यह बात कही जा रही है कि कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण स्कूल न जा पाने वाले छात्रों के लिए सरकार मुफ्त स्मार्टफोन बांटने की योजना बना रही है सरकार ने इस बात का पूरी तरह खंडन करते हए कहा है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है सरकार ने लोगों को इस तरह के भ्रामक द्ष्प्रचार से बचने की सलाह दी है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है

केन्द्र सरकार ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए नई वस्तु और सेवा कर पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन शुरु कर दिया है आयार प्रमाणन के इच्छुक लोगो को तीन कार्यदिवसो के भीतर नया जीएसटी पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा और इसके सत्यापन के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी हालांकि जो लोग आधार प्रमाणन का विकल्प नहीं चुनेंगे उन्हें कारोबारी स्थल और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पंजीकरण जारी किया जाएगा सरकार ने कहा है कि नए पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन से कारोबार करना अधिक आसान होगा इससे ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और फर्जी इकाइयों को जीएसटी से दूर रखना संभव होगा आज हम आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला के अंतर्गत आपको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को साफ करने के लिए तैयार किए गये उपकरण अल्ट्रा स्वच्छ के बारे में जानकारी देंगे रक्षा अनुसंघान और विकास संगठन द्वारा विकसित यह उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों कपड़े और अन्य सामानों को भी कीटाण्रहित करने में सक्षम है संगठन की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला नामिकीय औषधि तथा संबद्व विज्ञान संस्थान ने इस उत्पाद को विकसित किया है इसमें पर्यावरण के अनुकूल निकास सुनिश्चित करने के लिए कैटेलिक कनवर्टर भी लगा है यह उपकरण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है ओजोनेटेड स्पेस और त्रिनेत्र प्रौद्योगिकी के नाम से इसकी दो किस्में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीस अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है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 इसके साथ ही लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा एस एमएस पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजादी के नायक शिवराम हरी राजगुरू की जयंती और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजगुरू राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना के अप्रतिम उदाहरण वीर साहसी और महान क्रांतिकारी थे पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली को नमन करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कुशल संगठनकर्ता योग्य प्रशासक ओजस्वी वक्ता होने के साथ साथ सहज और सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे उनका व्यक्तित्व अनुकरणीय है